कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाइगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उदघाटन किया यह रेलगाड़ी बंगलादेश में सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन चिलाहाटी होते हुए ढाका छावनी और न्यू जलपाइगुड़ी के बीच चलेगी यह गाड़ी न्यू जलपाइगुड़ी से रविवार और बुधवार को रवाना होगी जबकि ढाका छावनी से न्यू जलपाइगुड़ी के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार को चलेगी बंगबंध शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी और बंगलादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह यात्री गाड़ी चलाई गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है

राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि श्री कोविंद का स्वास्थ्य स्थिर है और वे एम्स के विशेषज्ञ डाक्टरों की देखरेख में हैं सीने में दर्द के कारण कल उन्हें दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद के कामकाज में बार बार रूकावट डाले जाने और चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है जाने माने शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोह के सिलसिले में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में रुकावट का मतलब है चर्चा लोकतंत्र और देश को रोकना

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी से कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा

हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरन्तर बढ रही है

स्वास्थय विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है इसके तहत संक्रमित मरीजों की पहली जांच सात दिन बाद होगी अगर मरीज बिना लक्षण वाला है और सात दिन बाद भी पॉजीटिव आता है तो हर दूसरे दिन उसकी जांच की जायेगी वहीं अगर सात दिन बाद रिपोर्ट निगेटिव आती है तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जायेगा हालांकि डिस्चार्ज के बाद सात दिन तक उसे यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा हल्के लक्षण वालों मरीजों पर भी यह प्रोटोकॉल लागू होगा

वहीं निन्यानवें मरीज कल स्वस्थ हुए वर्तमान में राज्यभर में सकिय मरीजों की संख्या एक हजार तीन सौ निन्यानवें है गुमला जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है और सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है

यह वार्ड उन बुजुर्ग मरीजों के लिए होगा जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें इलाज के वक्त परिजनों की गैरमूजदगी या अभाव में परेशानी उठानी पड़ती है दस बेड का यह विशेष वार्ड इस मेडिकल कालेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर होगा इनमें से चार बेड महिला और चार बेड प्रुष मरीजों के लिए होंगे दो बेड आइसीयू के लिए होंगे सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि इस वार्ड के अप्रैल में शुरू हो जाने की संभावना है

केन्द्रीय विद्यालय में अगले शिक्षण वर्ष में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होगा

वहीं होली का त्योहार कल मनाया जायेगा

जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो इधर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाये ईसाई समुदाय के लोग आज खजूर पर्व मना रहे हैं हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज खजूर की डालियों के साथ निकलने वाला जुलूस नहीं निकाला जा रहा है खजूर पर्व के मौके पर विभिन्न गिरिजाघरों में विशेष आराधना होगी गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और त्योहोरों को लेकर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन ने आज से दो दिनों के लिए प्रे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है

कोरोना की रोकथाम के लिए बाहर राज्यों से पर्व में आ रहे व्यक्तियों की कोरोना जाँच अनिवार्य कर दी गयी है गिरिडीह जिले के सरिया स्टेशन और पारसनाथ स्टेशन पर ट्रेन से आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दिया जा रहा है इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कोरोना काल में घर में ही रहकर सादगी से होली और शब ए बारात मनाने की अपील की है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य है क्योंकि पवित्र गुफा काफी ऊंचाई पर स्थित है और यात्रा बहुत कठिन है

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पुणे में खेला जाएगा यह मैच दिन में डेढ़ बजे से शुरू होगा दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं भारत दूसरा एकदिवसीय मैच छह विकेट से हारने के बाद इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेगा धनबाद जिले के स्वर्गीय टेकलाल महतो स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय राज्यस्तरीय सब जूनियर बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल खेला गया बालिका वर्ग में गुमला और बालक वर्ग में बोकारो की टीम विजेता बनी गिरिडीह जिले में कल एक मकान में सिलिंडर के फटने से चार लोगों की मौत हो गई वहीं पूरा मकान ध्वस्त हो गया

मरने वालों में दो महिला और दो बच्चे हैं जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के खिड़कियां मोड़ के पास बुधन राय के घर में कल सिलेंडर फटने से यह घटना हुई अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने बंगाल और असम में हुए पहले चरण के मतदान और बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है पहला चरण बंगाल असम में शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में अस्सी और असम में सतहत्तर प्रतिशत हुए मतदान दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और पाबंदियों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड में कोरोना संक्रमितों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी अब सातवें दिन होगी जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी तो उसी दिन होंगे मरीज डिस्चार्ज दैनिक जागरण की सुर्खी है होली और शब ए बारात को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट सभी जिलों के एसपी को दागियों पर नजर रखने का दिया गया निर्देश अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने बंगाल और असम में हुए पहले चरण के मतदान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की खबर को पहले पन्ने पर लिया है सुर्खी बनायी है भारत और बांग्लादेश की बीच हुए पांच एमओयू